सदन ने विधेयक को मंजूरी देते समय विपक्षी दलों के संशोधनों को खारिज कर दिया यह विधेयक लोक सभा में सोमवार को पारित हुआ था

राज्य सभा में विधेयक के बारे में बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह कानून उन लोगों के जीवन में नई रोशनी लाएगा जिनपर पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है

हम एक तीन देशों की माइनॉरटी को ले रहे हैं और सभी की सभी माइनॉरटी को ले रहे हैं एक क्लास को ले रहे हैं और उसमें भी वो क्लास को जो धार्मिक प्रताडना से प्रताडित है इसलिए रिजनेबल क्लीसिफिकेशन के आधार पर ये संसद को कानून बनाने का अधिकार है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक राज्य सभा में पारित होने पर प्रसन्न्ता व्यक्त की है उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है और देश के करूणा तथा भाईचारे के मुल्यों का प्रतीक है प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि यह विधेयक उन लोगों के कष्ट दूर करेगा जो वर्षों से अत्याचार का सामना कर रहे हैं

उन्होंने एक बयान में भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण एजेंडा के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की कांग्रेस की प्रतिबद्धता व्यक्त की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन विधेयक के संसद में पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बधाई दी है विधेयक के पारित होने पर प्रदेश में खुशी का माहौल है

मुजफ्फरनगर निवासी विकास बालियान ने बताया नागरिक संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है और अब ये कानून बनने वाला है कानून बनने के बाद अफगानिस्तार बांग्लादेश पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के शिकार जो हिन्दू सिख पारसी ईसासी समुदाय के लोग जो भारत आए हुए है उन्हें भारत की नागरिता मिल सकेगी उधर पीलीभीत में बांग्लादेश से आकर बसे हजारों शरणार्थियों को इस विधेयक के पारित होने के बाद नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है पीलीभीत निवासी अशोक राजा ने बताया हम सभी भारतीयों के लिये यह बड़े गर्व की बात है खुशी की बात है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल पास कर यह हमारे बहुत से शरणार्थी जो बंगाल से आये हुए थे उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हुई है

लेकिन आज उनमें एक उत्साह एक उमंग की लहर दौड़ गई हैं उनहें खुशी है कि हम लोग भी आज भारत के नागरिक बन गये है यह मोदी सरकार की देन है वहीं प्रतापगढ़ के महेश कुमार गुप्ता ने बताया लोकसभा में नागरिक संशोधन विधेयक के पारित हो जाने से देश के उन सभी हिन्दू शरणार्थियों को राहत मिलेगी जो एक विदेशी की भांति देश में रह रहे थे उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार की सभी याचिकाएं खारिज कर दी है प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अपने चम्बर में इन याचिकाओं पर विचार किया और इन्हें निराधार पाया इसके साथ ही इन याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की संभावना भी खत्म हो गई इस पीठ में न्यायामूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ न्यायामूर्ति अशोक भूषण न्यायामूर्ति एसए नजीर और न्यायामूर्ति संजीव खन्ना शामिल थे न्यायालय ने सिर्फ उन्हीं चार पक्षों की याचिकाओं पर विचार किया जो आरंभ में इस मुकदमे में पक्षकार थे

इनमें नौ मुकदमे से संबंधित पक्षकारों की थीं जबकि नौ अन्य पक्षों की थीं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

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत जो कार्य हुए है उससे आज गंगा का पानी आचमन लायक हो गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा करने कानपुर आ रहे हैं मां गंगा की निर्मलता को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जो नरेन्द्र मोदी जी नमामि गंगे अभियान को आगे बढ़ाया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा प्रारम्भ किये गये नमामि गंगे मिशन के कारण यह शीशामऊ नाला पूरी तरह टेप हुआ है

इस नाले में एक भी बूंद सीवर अब गंगाजी में नहीं गिर रहा हैं ऐसे दर्जनों नाले टेप किये गये है और नमामि गंगे परियोजना को सफलतापूर्वक इसी प्रकार से आग बढ़ाया जा रहा है

प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रों पर प्रत्येक रविवार को अनिवार्य रूप से आरोग्य मेला आयोजित किये जाने के निर्देश दिये हैं मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिये ठोस कार्य योजना बना कर इसे शीघ्र लागू करने के लिये कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग इसके लिये नोडल विभाग होगा

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयूष्मान भारत के तहत अधिक से अधिक लोगों को कवर किया जायेगा

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि एक्स रे अल्ट्रा साउंड तथा अन्य उपकरण को दुरूस्त रखा जाये बहराइच में कल रात हुई एक सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गये यह दुर्घटना बहराइच नानापारा रोड पर गौरा धनोली गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक और कार में आमने सामने टक्कर में हुई घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है यह सभी लोग बहराइच जिले के निवासी थे और एक शादी समारोह में जा रहे थे जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण के लिये प्रदेश में चलाये गये दस्तक अभियान के गोरखपुर माडल को हेल्थकेयर एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है

सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि बकायेदार किसानों को राहत पहुंचाने के लिये यह अवधि बढ़ाई गई है